्र राजस्थान पुलिस दिवस आज जयपुर में राज्यस्तरीय समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किया जार्येगा सम्मानित ्देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें कर रहा है नमन ् जयपुर की अपूर्वी चन्देला ने आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्वकप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे

लोकसभा चुनाव में एतिहासिक जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है इसके बाद श्री मोदी राष्ट्रपति से मिले और केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया नरेन्द्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में सभी राज्यों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है खासकर पश्चिम बंगाल और ओडीशा जहां भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है इस नए मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों के अलावा कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आने वाले पांच वर्ष दुनिया में भारत को उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का समय होगा अहमदाबाद में कल शाम एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सबके सहयोग से प्रगति करेगा उन्होंने कहा कि व्यापक जनादेश बडी जिम्मेदारियां भी साथ लेकर आता है और ऐसी बड़ी जीत के बाद नम्र बने रहना बहुत जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद लोगों ने पहली बार इतनी बडी संख्या में मतदान किया मतदाताओं ने भीषण गर्मी की भी परवाह नहीं की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद वाराणसी का ये उनका पहला दौरा होगा प्रशासन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है वाराणसी के जिलाधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि नरेन्द्र मोदी सबसे पहले बाबरपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे जहां से वे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे नरेन्द्र मोदी उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान शिव से आर्शीवाद लेंगे ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने नई सरकार के गठन के लिए नवीन पटनायक को आमंत्रित किया है बीजू जनता दल विधायक का नेता चुने जाने के बाद नवीन पटनायक ने कल राज्यपाल से मुलाकात की और उनके समक्ष नई सरकार के गठन का दावा पेश किया

फोनी तूफान के कारण राज्य में हुई मौतों और भारी तबाही के चलते शपथ ग्रहण समारोह सादे तरीके से भुवनेश्वर के प्रदर्शनी मैदान में होगा

सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के नेता प्रेम सिंह गोले को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है श्री गोले आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

आज राजस्थान पुलिस दिवस है इस अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में समारोह का आयोजन हो रहा है राज्यस्तरीय समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया जायेगा इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग अकादमी के परेड ग्राउण्ड में सेरेमोनियल परेड की सलामी लेंगे पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एम एल लाठर ने बताया कि प्रदेश में सबसे अच्छे तीन पुलिस थानों को भी सम्मानित किया जायेगा साथ ही पुलिस का सहयोग करने वाले आम लोगों को भी सम्मान दिया जायेगा पकिस्तान से दो दो हजार के नकली नोट आने की आशंका के चलते थार एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर विशेष अलर्ट जारी कर रखा है पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि दो हजार के जाली नोटो के साथ कृछ दिन पहले एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद यह अलर्ट जारी किया है स्टेशन पर पाकिस्तान से थार एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों के पास नोटो की विशेष रूप से जांच करने की हिदायत दी गई है सूरत के तक्षशिला कॉम्पलेक्स में कोचिंग सेन्टर में आगजनी की द्र्घटना के बाद नगर निगम जयपुर ऐसी घटनाओं से बचाव सम्बंधी मापदण्डों को जांचने के लिये आज से शहर में निरीक्षण अभियान शुरू करेगा नगर निगम जयपुर के आयुक्त विजय पाल सिंह ने उपायुक्त सतर्कता राजीव दत्ता के नेतृत्व में एक टीम गठित की है जिसमें जहां जहां कोचिंग सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं उस क्षेत्र के राजस्व अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता अग्निशमन अधिकारी तथा यातायात पुलिस के सदस्य शामिल होंगे देश के पहले और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा हैं इस अवसर पर प्रदेशभर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धाजलि दी जा रही है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्री नेहरू को पुष्पाजंलि अर्पित करने के लिये कार्यक्रम रखा गया है जयपुर की अपूर्वी चन्देला ने जर्मनी के म्यूनिख में चल रही आई एस एस एफ निशानेबाजी विश्वकप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है

यह अपूर्वी का साल में दूसरा और करियर का चौथा आईएसएसएफ विश्व कप स्वर्ण पदक है प्रदेश में गर्मी का असर फिर बढ़ गया है

हमारे बाडमेर संवाददाता ने बताया कि गर्मी और लू से लोगों को काफी परेशानी हो रही है

सिरोही जिले में तेज गर्मी के कारण मैदानी इलाकों के अलावा यहां के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउण्ट आबू में आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी हो रही हैं